उन्होंने कहा कि मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिमालयी राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है मुख्यमंत्री आज उत्तराखण्ड के टिहरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में विकासनगर के समीप बरोटीवाला में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने दोनों राज्यों के विकास के लिए हर संभव सहायता की है और अब लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी को जनता के आशीर्वाद व समर्थन की आवश्यकता है अनुराग ठाकुर सांसद व हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हैलीकॉप्टर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पेश की गई चार्जशीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चूप्पी संदेहास्पद है हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के बुढाना कांग्र में युवा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार में देश में जल थल और नभ में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा था जहां भ्रष्टाचार न हुआ हो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर भी जवाब देना चाहिए अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ देश तोड़ने वालों के साथ है

यही कारण है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विकास के हवाई महल तो बने लेकिन जुमीन पर कोई काम नहीं हुआ उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाक्र अब हमीरपुर की दमदार आवाज बनेंगे और दिल्ली से हमीरपुर के हक लेकर आएंगे अग्निहोत्री ने कहा कि रामलाल ठाकुर पर जो विश्वास पार्टी हाईकमान व प्रदेश नेतृत्व ने दिखाया है उस पर सभी पार्टीजन एकजुटता के साथ खरा उतरेंगे पवन काजल कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल ने आज मां बजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर अपना चुनाव प्रचार विधिवत आरंभ किया काजल ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में परिवर्तन की लहर चल रही है और कई भाजपा नेता भी उनके संपर्क में हैं काजल ने बाद में पारोर स्थित राधा स्वामी आश्रम का दौरा भी किया और चुनाव के लिए स्वामी का आशीर्वाद लिया शतरंज इस बीच ज़िला मण्डी शतरंज संघ द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए बग्गी में शतरंज मैराथन का आयोजन किया गया

पैराग्लाइडिंग कुल्लू ज़िला के डोभी में आज एक पैराग्लाइडर के क्रैश हो जाने से एक पर्यटक और एक पैराग्लाइडिंग पायलट की मौत हो गई मृतकों की पहचान केरल निवासी पर्यटक अल्थोवेफ वाचु और पायलट नरेश के रूप में हुई है नरेश कुल्लू के जिंदौड़ गांव का रहने वाला था पुलिस के अनुसार ये एक टैंडम फ्लाइट थी और दोनों ने आज सुबह फ्लाइन से उड़ान भरी तथा डोमी में उनका पैराग्लाइडर क्रैश हो गया काफी ऊंचाई से गिरने के कारण पर्यटक वाचु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि नरेश की अस्पताल में मौत हुई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरम्भ कर दी है नवरात्रे चैत्र नवरात्रे के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की गई ब्रह्मचारिणी ज्ञान वैराग्य और ध्यान की देवी मानी जाती है इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा

सोलन स्थित मां शूलिनी के मंदिर में आज दूसरे दिन भी श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ी इस मौके पर भक्तों का कहना था कि जो भी यहां आता है वह खाली हाथ नहीं जाता श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए मंदिरों में व्यापक प्रबंध किये गए हैं जागरूकता मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ज़िला निर्वाचन कार्यालय मण्डी द्वारा आज सेरीमंच में एक मैराथन का आयोजन किया गया

उन्होंने इस मौके पर कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के वास्ते चलाया जा रहा सप्रेम अभियान मतदान के दिन तक जारी रहेगा

उन्होंने मैराथन दौड़ के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया